तीन डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या में लगातार आ रही है कमी

बूलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इसे लेकर एक फरवरी तक ऑरेंज अलर्ट और दो फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है इस दौरान अधिकांश जगहों पर मध्यम से घने कोहरे छाये रहेंगे मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि उत्तर पश्चिमी हवा के प्रभाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हआ है

उन्होंने बताया कि चार फरवरी के बाद कोल्ड डे की स्थिति में सुधार होगा

प्रदेश में आज चिन्हित टीकाकरण केन्द्रों पर स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड के टीके दिये गये स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर कोई गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है इधर प्रदेश में अब हर जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण सप्ताह के सातों दिन किया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि टीकाकरण केन्द्रों की संख्या भी बढ़ाई जायेगी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिदिन पचास हजार स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकताओं को टीके लगाने का लक्ष्य रखा है आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड वैक्सीन से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए उन्होंने इसकी खुराक और उसे लेने के अंतराल के बारे में बताया

वर्तमान में कुल मामलों के मात्र शून्य दशमलव पांच प्रतिशत ही सक्रिय मामले हैं अभी एक हजार तीन सौ पन्द्रह मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है खगड़िया जिले में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं बचा है जबकि पटना को छोड़कर अन्य जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या सौ से कम है पटना में अभी भी सात सौ छियालीस मरीजों का इलाज चल रहा है इधर राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अंठानवे दशमलव नौ दो प्रतिशत हो गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख सतावन हजार छह सौ उनहत्तर है वहीं इस वैश्विक महामारी से एक हजार चार सौ पंचानवे मरीजों की मौत हो चुकी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पल्स पोलियो कार्यक्रम दो हजार इक्कीस के पहले चरण की शुरूआत राष्ट्रपति भवन में एक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाकर की इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित रहे कल से शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक देने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू होगा आकाशणवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश आज से आम बजट पूर्व विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है इस कार्यक्रम के तहत बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों के साथ साथ आम लोगों की अपेक्षाओं विचार और सुझावों का प्रसारण होगा आईये इस कड़ी में सुनते हैं बजट को लेकर आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है

वर्ष उन्नीस सौ अड़तालीस में आज ही के दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी

इस अवसर पर दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई गणमान्य लोगों ने राजघाट जाकर बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की इधर राजधानी पटना के गांधी घाट में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार अपनी सभी विकास योजनाओं में बापू के विचारों को शामिल कर रही है

विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य को सामाजिक बुराईयों से मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जायेगा आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के हर वर्ग के लोगों की मदद ली जायेगी

मानव श्रृंखला में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और वाम दलों के कई नेता शामिल हुये इधर एनडीए ने मानव श्रृंखला को पूरी तरह विफल बताया है भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि बिहार के लोगों ने नये कृषि कानूनों के समर्थन में विपक्षी दलों के इस आयोजन को पूरी तरह नकार दिया

इन निर्देशों के अनुसार जिन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचार की सूचना प्राप्त होगी वहां की परीक्षा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी परीक्षा के दौरान कदाचार करते हुए अगर कोई परीक्षार्थी पकड़ा जाता है तो उसे दो हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा या फिर छह महीने जेल की सजा होगी इसके अलावा परीक्षा केन्द्रों के इर्द गिर्द धारा एक सौ चौवालीस लगाने की निर्देश दिये गये हैं जमूई जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए आज चलंत अदालत का आयोजन किया गया समस्तीपूर जिला पूलिस ने कुख्यात अपराधी विक्रम तांती को खगड़िया से गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार अपराधी पर हत्या रंगदारी और लूट के कई मामले दर्ज हैं दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक गिट्टी बालू व्यवसायी का गोलीमार कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया और दो लाख रूपये लूट लिये खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम एकनिया ढाला के पास एक मिनी ट्रक से लगभग सत्रह सौ बोतल विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है मधेपुरा जिले के बैजनाथपुर चौकी क्षेत्र अन्तर्गत तिरी गांव के पास अपराधियों ने एक मोटरसाईकिल शो रूम के मालिक और उनके कर्मचारी को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया

तीन डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा प्रदेश में कोविड के मरीजों की संख्या में लगातार आ रही है कमी